इस दौरान राजस्थान निर्यात पुरस्कार और राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों दिये गये

आज अदालत ने चारो आरोपियों की सजा पर बहस जारी है

इसका उद्देश्य बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाकर देशभर में इनके दामों में रिथरता लाना है

प्रधानमंत्री ने कार्यकम में शामिल करने के लिए लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है

जयपुर के युवाओं द्वारा रैली में सीएए के समर्थन में आमजन को आमंत्रित किया गया है

इस मामले में पुलिस ने प्रकरण को दर्ज आरोपी सरपंच की तलाश शुरू कर दी है

घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है ये घटना बिजली की लाइन टूटकर पानी से भरे खेत में गिरने से हुई

उसका एक साथी फरार हो गया

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि नशीली दवाओं की यह खेप जयपुर से लाई गई थी

मौसम विभाग ने कहा है कि शेखावाटी अंचल भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के सभी जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहेगा वहीं एक दो स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रहने की संभावना है पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर चूरू और हनुमानगढ जिलों में ठंड और कोहरा छाए रहने की संभावना जतायी है